विभिन्न दलित संगठनों द्वारा कल आयोजित हुए भारत बंद के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के मददेनजर श्री सिंह ने आज संसद में कहा कि राज्यों को हर तरह की मदद दी जायेगी उन्होंने कहा कि आरक्षण के बारे में फैलाई जा रही अफवाहे बेबुनियाद है इधर कल हुए भारत बंद के बाद प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है कल हुए प्रदर्शन के खिलाफ आज कुछ संगठनों की ओर से जालौर सांचोर आहोर और हिंडोन सिटी के बाजार बंद किये गये हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था एन आर के रेड्डी ने आकाशवाणी को बताया कि हिंडोनसिटी में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े

कल के मामले में एक हजार लोगों की गिरफ्तारी की गई है इघर सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगापुर सिटी में कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन आज बाजार बंद है यहां जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है पैरा भिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात है बीएसएफ एसटीएफ आरएसी और पुलिस के जवान फ्लैगमार्च कर रहे है

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी स्थिति नियंत्रण में है सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने सुबह फ्लेगमार्च किया

याचिका में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम पर न्यायालय के हाल कर्क फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर कथित अत्याचार के मामले में केवल शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये पुनर्विचार याचिका दायर की है विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

जिला कलक्टर ने बताया कि राज्यपाल मेजर ध्यानचंद खेल संकुल और संत पीपा हॉस्टल का लोकार्पण भी करेंगे

इससे पहले कार्ड के छह माह पुराना होने की अनिवार्यता थी

बैठक में निर्माणाधीन औषधालय और अस्पतालों के भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने तथा अलवर में निगम की ओर से निर्मित नये भवन को मेडिकल कॉलेज के रूप में ही संचालित करने बाबत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया परिषद की ओर से यह भी फैसला किया गया कि ऐसे पुराने क्षेत्र जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधान पहले से ही लागू हैं और राज्य सरकार का कोई औषधालय संचालित नहीं है उनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वयं का औषधालय खोलने का प्रावधान करें

श्री किलक ने बताया कि जिन किसानों का भूगतान नहीं हो पाया है उनके खाता नम्बर का विवरण संबंधित जिलों से मंगाया जा रहा है और जल्दी ही उनके खाते में भुगतान की राशि भेज दी जायेगी